शिमला में आज हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में ये निर्णय लिया गया

इसके अलावा पहली से चौथी कक्षा के विद्यार्थियों की पहले की तरह ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी

बैठक में विभिन्न विभागों में अलग अलग श्रेणियों के पद भरने को भी स्वीकृति दी गई

राठौर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने राज्य सरकार व प्रशासन पर बर्फबारी से उत्पन्न स्थिति से निपटने में विफल रहने का आरोप लगाया है एक बयान में उन्होंने कहा कि एक दिन की भारी बर्फबारी ने सरकार व प्रशासन की व्यवस्था की पूरी पोल खोल दी है कुलदीप राठौर ने सरकार से बंद पड़ी सड़कों को तुरंत बहाल करने के साथ साथ बिजली और पानी की सुचारू व्यवस्था सुनिश्चित बनाने का आग्रह किया है हिमाचल कोरोना प्रदेश में कोरोना संक्रमण से ठीक होने की दर में वृद्धि लगातार जारी है

बोर्ड के अध्यक्ष सुरेश कुमार सोनी ने बताया कि परीक्षा संचालन में नियुक्त समस्त स्टाफ के साथ ही परीक्षार्थियों को फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा

मौसम प्रदेश के मध्यम और ऊपरी इलाकों में भारी हिमपात के बाद आज दूसरे दिन भी जनजीवन सामान्य नहीं हो पाया है

राज्य में लगातार दूसरे दिन सैंकड़ों सड़कें अवरुद्ध रही वहीं हजारों विद्युत ट्रांसफार्मर के ठप पड़ जाने से कई इलाकों में बिजली गुल है

इससे लोगों को भीषण ठंड में परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं

शहर के कुछ क्षेत्रों में आज दोपहर तक यातायात बहाल कर दिया गया है और अन्य मार्गों से भी बर्फ हटाने का कार्य युद्वस्तर पर जारी है

आज अधिकांश क्षेत्रों में दिन के समय हल्की ध्रप खिली जिसके चलते प्रशासन द्वारा सड़कों को बहाल करने का कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है मौसम विभाग ने कल से राज्य में मौसम के साफ बने रहने की संभावना जताई है

भाजपा प्रदेश महासचिव व वूल फैडरेशन के अध्यक्ष त्रिलोक कपूर ने बताया कि इस दौरान मुख्यमंत्री वूल फैडरेशन कार्यालय में नवनिर्मित सामुदायिक भवन और प्रशिक्षण केन्द्र का लोकार्पण करेंगे मुख्यमंत्री द्वारा भेड़पालकों के सम्मेलन को संबोधित करने का भी कार्यकम है रोहित ठाकुर जुब्बल कोटखाई के पूर्व विधायक रोहित ठाक्र ने कहा है कि कोरोना महामारी के संकटकाल में केन्द्र सरकार के आम बजट से जनता को निराशा ही हुई है

उन्होंने कहा कि सेब आयात श़िल्क पर संशय है जिसके लिए सरकार को स्पष्टीकरण देना चाहिए